वासंतिक नवरात्र आज से आरम्म विन्ध्याचलघाम सहित प्रदेश के सभी देवीमंदिरों में श्रद्दालुओं की भारी भीड़ प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार अभियान तेज हो गया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल अमरोहा और सहारनपुर में दो जनसमाओं को संबोधित किया अमरोहा में चुनावी जनसभा में बोलते हुए श्री मोदी ने केन्द्र में सशक्त और निर्णय ले सकने वाली सरकार बनाने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि मजबूत सरकार ही देश को आगे बढ़ाने के लिए कठिन और बड़े फैसले ले सकती है विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आतंकवाद के मुद्दे पर नरम रूख अपना रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी हो आतंकवाद पर इसी नरम रवैये की वजह से कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं उद्यर सहारनपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसमा को सम्बोधित करते हए प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हए कहा कि वह हमेशा से पिछड़ों की विरोधी रही है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सभी वर्ग के लोगों को सम्मान दिया है कांग्रेस हमेशा से पिछलों की विरोधी रही है संसद में राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था कांग्रेस को ओबीसी कमीरान पर ऐतराज है साथियों आपके इस चौकीदार के लिये किसान हो जवान हो या फिर नौजवान सबको सुरक्षा सबकी समृद्धि और सबको सम्मान यही हमारा ध्येय रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बेटियों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिये कई योजनायें चलाई जा रही है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से मुक्ति दिलाने के लिये कृत संकल्प है उन्होंने कहा कि संसद में ट्रिपल तलाक से संबंधित बिल को विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अपराधियों को संख्य दिया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की तरक्की की पहरेदारी की जिम्मेदारी हम सभी की है कल ही देहरादून में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपनी सरकार के पिछले पांच वर्ष के कायों का उत्लेख किया इस बीच कांग्रेस अव्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कौशल के अभाव में प्रतिदिन सत्ताईस इजार युवा नौकरियां गवां रहे हैं पुणे में युवाओं से संवाद में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी के कारण ही कई लोगों को रोजगार से हाथ घोना पड़ा दो हजार उन्नीस में सत्ता में आने के बाद लोकसभा विघानसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित की जायेंगी हम राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी नौकरियां हैं उनमें तैंतीस प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षित करने की बात सोच रहे हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बाड्रा ने गाजियाबाद में रोड शो किया उपराष्ट्रपति एम वैकैया नायडू ने कहा कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविवाओं को विश्वस्तरीय बनाये जाने की आवश्यकता है उन्होंने निजी क्षेत्र का आह्वान किया कि वह स्वास्थ्य से जुड़ी सुविघाओं के मामले में सरकार के साथ मिलकर काम करे कल लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्डियोर्लोजी विमाग की तीन दिवसीय नेशनल इंटर वेंशन कांफ्रेंस का उदघाटन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही सभी संस्थाओं को एकसाथ भिलकर काम करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि बदलते जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव के चलते बड़ी संख्या में बीमारियां बढ़ रही है उन्होंने कहा कि ऐसे समय में डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि वह मरीजों को जीवन रैली सुधारने के लिये प्रेरित करे तीन दिवसीय इस काफ्रेंस में देश और दुनिया के डेढ़ हजार से ज्यादा डॉक्टर और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं यह कांफ्रेंस पहली बार उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि लखनऊ उत्तर भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रमुख केन्द्र के तौर पर विकसित हो रहा है और पीजीआई देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है जहां उच्चकोटि की चिकित्सा और शोघ की सुविघाएं उपलब्ध है

घोषणा पत्र जारी करते हए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन लाने की बात कही उन्होंने कहा कि किसानों में खशहाली तमी आएगी जब उनका कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा पार्टी ने घोषणा पत्र में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का भी वादा किया है श्री यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जीएसटी जैसी नीतियों के जरिए अमीरों को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बना रहे हैं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिये प्रदेश में नामांकन पत्रों की जांच का काम कल पूरा हो गया जांच के दौरान पवहत्तर उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किये गये हैं तीसरे चरण के लिये कुल दो सौ सात उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किये थे जिसमें से अब एक सौ बत्तीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गये हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेशर लू ने बताया कि फिरोजाबाद और बदायूं लोकसभा सीट से सर्वोधिक सोलह सोलह उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त किये गये तीसरे चरण के लिये नाम वापस लेने की अंतिम तिथि आठ अप्रैल है चौथे चरण के लिये प्रदेश की तेरह लोकसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है नामांकन के चौथे दिन अब तक कुल उन्तीस प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किये इटावा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी राम शंकर कठेरिया ने और हमीरपुर संसदीय सीट से बसपा के दिलीप सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं मिश्रिख सीट से कांग्रेस की मंजरी राही बसपा से नीलू सत्यार्थी और निर्दलीय प्रत्याशी अर्पित ने अपना पर्चा भरा चौथे चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल है दस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी और बारह अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे चौथे चरण की तेरह लोकसभा सीटों पर उन्तीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों से किसी भी प्रकार से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास न हो इसके लिये प्रदेश पुलिस ने विशेष इंतजाम किये हैं

उन सबकों की रोकथाम के लिये व्यापक प्रबंध करना पड़ रहा है

इन मीटिंग में हमने बताया कि असामाजिकतत्वों पर कैसे हम अंकुत्त लगायंगे उसको कैसे चिन्हित करेंगे साथ ही साथ अतर्राज्जीय सीमा पर लगे बैरियर नाको पर हम पहले से ही सीसी टीवी कैमरा लगा देंगे और हर एक बैरियर और नाकों पर वाहनों की भारी चेकिंग करेंगे वासंतिक नक्रात्र आज शुरू हो गया है प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्वाल्ओं की भारी भीड लगी है श्रद्वाल् पंक्तिबद्द होकर माता के दर्शन पूजन और विभिन्न अनुष्ठान कर रहे हैं मिर्जापूर जिले के विन्ध्याचलधाम स्थित प्रसिद्व शक्तिपीठ माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर लगने वाला चैत्र नवरात्र मेला बीती आधी रात से शुरू हो गया है विन्ध्यावल धाम में त्रिकॉण परिक्रमा मार्ग और गंगा घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं बलरामपुर जिले के देवीपाटन स्थित माता पाटेश्वरी देवी मंदिर पर भी आज से चैत्र नवरात्र का मेला शुरू हो गया है नैमिषारण्य स्थित माता ललिता देवी मंदिर पर भी भारी संख्या में श्रद्वालु दर्शन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे है उघर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पर्वतमालाओं के बीच स्थित माँ शाकृम्मरी देवी सिद्दपीठ पर भारी संख्या में श्रद्वालु दर्शन पूजन कर रहे है प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर भी भारी संख्या में श्रद्वालु माता के दर्शन के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं